प्रधानमंत्री सीएसआईआर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि वैज्ञानिकों को फाइव जी कनेक्टिविटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी उभरती चुनौतियों पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए उन्होंने कहा कि नवीकरणीय ऊर्जा के लिए किफायती और टिकाऊ बैटरियों की आवश्यकता है नई दिल्ली में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद सीएसआईआर की बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्व स्तरीय उत्पाद विकसित करने के लिए पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक विज्ञान का मिलाजुला उपयोग करना चाहिए उन्होंने नवाचार के वाणिज्यीकरण के महत्व का भी उल्लेख किया प्रधानमंत्री ने वर्चुअल लैब विकसित करने के महत्व पर बल दिया ताकि विद्यार्थियों में विज्ञान को लोकप्रिय बनाया जा सके मुख्यमंत्री अमेरिका मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में सोशल इकोनॉमी इंडेक्स के अध्ययन से नई नीतियां तैयार की जाएंगी अपने अमेरिका प्रवास के दौरान बोस्टन में उन्होंने मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और सोलन स्कूल ऑफ मैनेजमेंट के प्रोफेसर स्कॉट स्टर्न तथा सोशल प्रोग्रेस इम्पेरेटिव के सीईओ माइकल ग्रीन से मुलाकात की इस दौरान छत्तीसगढ़ के इकोनॉमिक सोशल इंडेक्स सोशल इकोनॉमी सर्वे और सोशल ऑडिट सहित विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई प्रोफेसर स्कॉट स्टर्न ने बताया कि आर्थिक सामाजिक इंडेक्स के सर्वे के माध्यम से राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के आर्थिक विकास पर अध्ययन कर उनके विकास के लिए नए कार्यक्रम और नीति बनाने में मदद मिलेगी रोजगार और आर्थिक सुधार पर कार्य करने के लिए भी यह अच्छे उपाय साबित होंगे ईएसआईसी प्रसूति खर्च कर्मचारी राज्य बीमा निगम ईएसआईसी ने उन गर्भवती महिलाओं के लिए जिन्हें ईएसआईसी औषधालयों से प्रसव संबंधी सेवाएं नहीं मिलती हैं उनका प्रसूति खर्च पांच हजार रूपये से बढ़ाकर साढ़े सात हजार रूपए कर दिया है केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय ने वर्ष दो हजार बीस इक्कीस के शैक्षणिक वर्ष से ईएसआईसी मेडिकल संस्थाओं में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण और प्रवेश लागू करने की भी मंजूरी दे दी है सीबीएसई परीक्षा केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई की दसवीं और बारहवीं की बोर्ड परीक्षाएं आज से शुरू हो गई हैं इसमें तीस लाख से अधिक विद्यार्थी शामिल हो रहे हैं दसवीं की परीक्षा बीस मार्च और बारहवीं कक्षा की परीक्षा तीस मार्च को सम्पन्न होगी बारह लाख से अधिक विद्यार्थी बारहवीं की जबकि अट्ठारह लाख से अधिक विद्यार्थी दसवीं की परीक्षा दे रहे हैं इस वर्ष बोर्ड परीक्षाओं के लिए विशेष इंतजाम किए गये हैं प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने परीक्षार्थियों को अपनी शुभकामनाएं दी हैं उन्होंने ट्वीट कर बच्चों से कहा है कि वे आत्मविश्वास और एकाग्रता के साथ अपना सर्वश्रेष्ठ दें सफलता अवश्य मिलेगी ई क्लास प्रदेश में स्कूल शिक्षा विभाग ने एक नई पहल करते हुए जिन स्कूलों में शिक्षक नहीं है वहां ऑनलाईन पढ़ाए जाने का नया फॉर्मूला इजाद किया है इसमें विभिन्न विषयों के ऑनलाईन वीडियो तैयार किए गए हैं स्कूलों में जिन विषयों के शिक्षक नहीं है वहां विषय विशेषज्ञों के माध्यम से पढ़ाई शुरू की गई है पांच मिनट के वीडियो और लाईव लेक्चर के माध्यम से पढ़ाई के बाद ऑनलाईन होमवर्क भी दिया जाता है पायलेट प्रोजेक्ट के तौर पर बारह शासकीय स्कूलों में इसकी शुरूआत हो चुकी है इसमें सभी विषयों की ई कक्षाएं उपलब्ध है आने वाले समय में करीब एक हजार स्कूलों में यह सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी प्रदेश के जिन स्कूलों में विशेष विशेषज्ञ शिक्षकों की कमी है वहां की समस्या को दूर करने के लिए यह व्यवस्था शुरू की गई है स्वास्थ्य सुविधा सराहना केंद्र सरकार की नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस सर्टिफिकेट टीम ने छत्तीसगढ़ की स्वास्थ्य सुविधाओं की सराहना की है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के विशेष दल द्वारा जिला अस्पताल बलौदाबाजार का निरीक्षण कर मूल्यांकन किया गया सर्वोच्च चिकित्सकीय कार्यो के लिए क्वालिटी सर्टिफिकेट जारी करने के लिए टीम ने तीन दिनों तक जिला अस्पताल में उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधाओं और मरीजों को दी जा रही सेवाओं का बारिकी से आकलन किया सिविल सर्जन डॉक्टर अभय सिंह परिहार ने बताया कि केंद्रीय टीम ने जिला अस्पताल के निरीक्षण के दौरान विशेषकर सर्जरी ब्लड बैंक रेडियोलॅजी और प्रसूति विभाग की सेवाओं की काफी सराहना की जिले की चिट़ठी श्रोताओं आकाशवाणी समाचार द्वारा कल सुबह नौ बजकर पांच मिनट पर जिले की चिट्ठी कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा जिले की चिट़ठी का यह कार्यक्रम आकाशवाणी के रायप्र केंद्र द्वारा प्रसारित होगा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 इस बार के अंक में जशपुर जिले की गतिविधियों के बारे में जानकारी दी जाएगी माओवादी मुठभेड़ सुकमा जिले में आज सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में एक माओवादी मारा गया है पुलिस अधीक्षक शलभ सिन्हा ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड डीआरजी की टीम सर्चिंग पर निकली थी इसी दौरान अरलमपल्ली के जंगल में माओवादियों के साथ मुठभेड़ हुई जिसमें एक माओवादी मारा गया मौके से सुरक्षा बलों ने एक भरमार बंदूक और हैंड ग्रेनेड बरामद किए हैं

बीजापुर जिले में सुरक्षा बल के जवानों और नागरिकों ने कैंडल मार्च निकालकर शहीद जवानों को याद किया यह रैली जयस्तंभ चौक पहुंची और वहां दो मिनट का मौन रखकर शहीद जवानों को श्रद्दांजलि दी गई इस मौके पर सीआरपीएफ के डीआईजी दिव्यांग पटेल और भाजपा के जिला अध्यक्ष श्रीनिवास मुदलियार ने भी शहीदों को श्रद्वासुमन अर्पित किए वहीं बालोद जिला मुख्यालय में भी विभिन्न सामाजिक संगठनों ने पुलवामा हमले में शहीद जवानों की याद में मोमबत्ती जलाकर श्रद्धांजलि अर्पित की मैराथन तैयारी जल जंगल और नदी के संरक्षण के लिए बलौदाबाजार जिले के असनीद गांव में कल सुबह मैराथन का आयोजन किया जाएगा इस मैराथन का नाम प्रदेश की जीवनदायिनी नदी महानदी पर रखा गया है मैराथन में भाग लेने अब तक साढ़े तीन हजार से अधिक प्रतिभागियों ने अपना पंजीयन कराया है इसमें छत्तीसगढ़ सहित तेरह अन्य राज्यों के धावक भी हिस्सा लेंगे साथ ही सीआरपीएफ बीएसएफ और छत्तीसगढ़ पुलिस बल के जवान भी मैराथन में दौड़ लगाएंगे इस मौके पर दिव्यांगों के लिए भी एक दौड़ तथा अधिकारियों और गणमान्य नागरिकों के लिए एक किलोमीटर का फन रन का आयोजन किया जाएगा मैराथन के बाद पतंग उत्सव का आयोजन भी किया जाएगा जिसमें मुंबई से आए पतंगबाजों की टीम बलार जलाशय के पास आकर्षक पतंगों का संचालन करेगी

मेले में राज्य के प्रमुख लोक कलाकरों द्वारा छत्तीसगढ़ी सांस्कृतिक और लोक परम्पराओं पर आधारित कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं मेले में अब से कुछ ही देर बाद संत समागम भी शुरू होने जा रहा है इसकी शुरूआत धर्मस्व मंत्री ताम्रध्वज साहू करेंगे संत समागम में शामिल होने देशभर से साधु संत राजिम पहुंचे हैं संत समागम इक्कीस फरवरी तक चलेगा और इसी दिन महाशिवरात्रि पर माधी पुन्नी मेले का समापन भी होगा गैर संचारी रोग राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत मुंगेली जिले में आज से गैर संचारी रोग निदान और उपचार पखवाड़ा शुरू हो गया है पहले दिन को हेल्थ एंड वेलनेंस सेंटर शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मुंगेली में स्वास्थ्य सियान दिवस के रूप में मनाया गया उनतीस फरवरी तक चलने वाले इस पखवाड़े के दौरान लोगों को गैर संचारी रोगों के प्रति जागरूक करने के साथ ही इससे बचाव निदान स्वस्थ जीवन अपनाने और उपचार के संबंध में जानकारी दी जाएगी संक्षिप्त समाचार आवास मंत्री मोहम्मद अकबर ने आज नवा रायपुर अटल नगर में क्रेडाई संस्था द्वारा आयोजित दो दिवसीय न्यू इंडिया समिट कार्यक्रम का उद्घाटन किया प्रदेश में धान के अवैध परिवहन और भंडारण पर लगातार कार्रवाई की जा रही है जांजगीर चांपा और गरियाबंद जिले में धान का अवैध परिवहन करते पाए जाने पर दो सौ पंचानवे बोरी धान जब्त किया गया है भूतपूर्व सैनिकों की रैली का आयोजन कल सोलह फरवरी को बिलासपुर के कलेक्टोरेट परिसर में किया जाएगा

इस हादसे में महिला और बाल विकास विभाग के एक अधिकारी की मौत हो गई जबकि चार अन्य घायल हो गए

इस घटना में एक युवक की मौत हो गई जबकि आठ अन्य लोग घायल हो गए